उन्होंने राज्य में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने और चल रही परियोजनाओ में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया राज्य पाल ने रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुराकोंगसेलेक पासीघाट और मिशामारी तावांग ब्राड गेज रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूरा करने का आग्रह किया बैठक के दोरान श्री मिश्रा ने कहा कि इन परियोजनाओ से स्थानीय लोगो में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इससे राज्य में पर्यटन और जैविक कृषि उत्पादो के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने रेल राज्य मंत्री से नाहरलगुन से गुवाहाटी के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के समय सारणी में बदलाव करते हुए इसे नाहरलगुन से सुबह पांच बजे की जगह सात बजे करने का आग्रह किया उन्होंने नाहरलगुन गुवाहाटी के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की फ्रीक्केंसी को बढ़ाने का अनुरोध किया राज्यपाल ने नाहरलगुन से चलने वाली ट्रेनो में अरुणाचल प्रदेश के लिए कोटा बढ़ाने का आग्रह किया ताकि आपातकालीन स्थिति में राज्य के लोगो को आरक्षित सीट मिल सके

उन्होंने विद्यालय में बुनियादी सुविधाओ का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने शिक्षको और विद्यार्थियो से स्कूल में शैक्षणिक माहौल के बारे में जानकारी ली श्री खांड्र ने छात्रो से पढ़ाई के अलावा गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने को कहा उन्होंने विद्यालय के क्लास रुम की दिवारो पर खुबसुरत पेंटिंग के लिए छात्रो की सराहना की

मतदान इक्कीस अक्टूबर को होगी जबकि मतगणना चौबीस अक्टूबर को की जाएगी चनाव की अधिसुचना तेइस सितम्बर को जारी की जाएगी और नामांकन तीस सितम्बर तक भरे जा सकेंगे नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर होगी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागु हो गई है इसी वर्ष इक्कीस मई को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव नतीजे की घोषणा के दो दिन पहले एन पी पी उम्मीदवार तिरांग आबोह की हत्या के बाद उपच्रनाव कराया जा रहा है स्वर्गीय आबोह ने इस सीट पर बी जे पी उम्मीदवार फावांग लोवांग को हराया था

ईटानगर में संवाददाताओ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के लोगो में पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में अनेक धारणाए है जिससे इस अभियान के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकेगा श्री फेलिक्स ने कहा कि नियम कानून के बारे में लोगो को जागरुक बनाना हमारा अरुणाचल अभियान का मुख्य उद्देश्य है

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने यूपीया पोटीन राजमार्ग परियोजना की प्रगति का भी जायजा लिया श्री दारांग ने परियोजना एजेंसी के अभियंताओ को राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति से लोगो को आवागमन में हो रही समस्या से अवगत कराते हुए इस महत्वकांक्षी सड़क परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया

इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन और संगठनों के बीच लातमेल जरुरी है इसी को ध्यान में रखकर आज सी सेक्टर मीडिल स्कूल ईटानगर में एंटी ड्राग्स कंट्रोल कमेटी ईटानगर द्वारा से नो दू ड्रग्स विषय पर एक जनजागरुकता और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया इस अवसर पर राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो अंचल अधिकारी लक्ष्मी दोदुम सहित अनेक घणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे अपने संबोधन में श्री अमो ने कहा कि समाज के सभी वर्गो को मिलकर राज्य में मादक पदार्थो की लत के खिलाफ अभियान चलाना होगा उन्होंने कहा कि प्रशासन भी नशे के जाल में फंसकर उजरते परिवारों को बचाने के प्रति गंभीर है

पीर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल पत्रकारो को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन बड़ी परियोजनाओ में से एक हजार छह सौ निन्यानंवे करोड़ रुपये की एक सौ दस परियोजनाए पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए मंजूर की गई है इन राज्यों में आठ सौ बीस करोड़ रुपये लागत की छियासठ परियोजनाए प्ररी की जी चुकी है डॉक्टर सिंह ने बताया कि लंका से उमरांगसो तक दो लेन वाली सड़क बनाने की परियोजना भी इनमे शामिल है जिसपर करीब दो सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी असम में डिगबोई शहर में चवालीस करोड़ बावन लाख रुपये की जल आपूर्ति योजना का निर्माण किया जायेगा जो असम में पहला बांस उद्योंग पार्क होगा